कहा नई शिक्षा नीति समय की मांग है यह नए भारत की आधारशिला होगी

इससे आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को मजबूती मिलेगी देश में कोविड नाइन्टीन संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर करीब अड़सठ प्रतिशत हुई

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति छात्रों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कल एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इस नीति के समग्र कार्यान्वयन पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन से नई शिक्षा नीति के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी जिससे इसके बेहतर कार्यान्वयन में मदद मिलेगी इस कॉनक्लेव से भारत के एजुकेशन वर्लड को नेरानत एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस विभिन्न पहलुओं के बारेमें विस्तृत जानकारी मिलेगी जितनी जानकारी और ज्यादा जानकारी ज्यादा स्पष्ट होगी फिर उतना ही आसान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्पलीमेन्टेशन भी होगा शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता का उल्लेख करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था वैश्विक स्तर की होनी चाहिए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति नये भारत के निर्माण की नींव रखेगी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जहां एक ओर छात्रों और य्वाओं को वैश्विक स्तर बनाए रखना है वहीं उन्हें अपनी जड़ों को भी नहीं भूलना है भारत का एज्युकेशन सिस्टमखुद में बदलाव करे ये भी किया जाना बहत जरूरी था

हमें अपने स्टूडेंट को ग्लोबल सिटिजन भी बनाना है और इसका भी ध्यान रखना है कि वे ग्लोबल सिटिजन तो बने लेकिन साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुडे रहें उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा से छोटे बच्चों को लाभ होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों पर पाठयक्रम का बोझ कम किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा महसूस किया गया है कि उन पर जानकारी का बोझ बढ़ रहा है उन्होंने नई शिक्षा नीति पर प्रश्नों और संदेहों का स्वागत किया उन्होंने कहा कि अब छात्रों को अपना पाठ्यक्रम बदलने की सुविधा होगी और उच्च शिक्षा पर कोई बंधन नहीं होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि जिज्ञासा चर्चा और विमर्श आधारित शिक्षा पूरी शिक्षा नीति को मजबूत करेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर देश के हथकरघा और हस्तशिल्य के क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों ने देश के प्राचीन शिल्प को जीवित रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया अपने ट्वीट में उन्होंने देशवासियों से कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वे अधिक से अधिक हाथ से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करें इस अवसर पर केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कल छठे राष्ट्रीय हथकरघा समारोह का उद्घाटन किया उन्होंने हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित एक मोबाइल एप की भी शुरूआत की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की यह कोशिश है कि वह बुनकरों के साथ डिजिटल सम्पर्क भी स्थापित करे

उन्होंने कहा कि लोगों को रोजगार देकर उन्हें स्वावलंबी बनाना सरकार की प्राथमिकता है श्री योगी कल लखनऊ में एमएसएमई इकाईयों के लिये आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे इस असवर पर उन्होंने अट्ठान्बे हजार सात सौ तैंतालीस नई एमएसएमई इकाईयों को दो हजार चार सौ सैंतालीस करोड़ रूपये के ऑनलाइन ऋण वितरित किये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड नाइन्टीन के सम्बन्ध में राज्य मुख्यालय तथा जनपदों में संचालित समेकित कमान एवं नियंत्रण केन्द्र पूरी सक्रियता से कार्य करें उन्होंने कहा कि इन केन्द्रों के जनपदों में सुचारू रूप से कार्य न करने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी की जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिये पूरी सतर्कता के साथ साथ प्रत्येक स्तर पर प्रभावी कार्यवाही आवश्यक है उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कोविड नाइन्टीन के दृष्टिगत व्यवस्थाओं की प्रभावी निगरानी स्निश्चित करें

अब तक क्ल तेरह लाख अठहत्तर हजार एक सौ पांच लोग स्वस्थ हुए हैं पिछले चौबीस घंटों के दौरान उन्चास हजार सात सौ उनहत्तर लोग ठीक हुए हैं इसके साथ ही ठीक होने वालों की दर बढ़कर सड़सठ दशमलव नौ आठ प्रतिशत हो गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड नाइन्टीन संक्रमण के बासठ हजार पांच सौ अड़तीस नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर बीस लाख सत्ताईस हजार चौहत्तर हो गई है इस समय देश में छः लाख सात हजार तीन सौ चौरासी रोगियों का उपचार चल रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान आठ सौ छियासी रोगियों की मौत की पुष्टि हुई है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के तीन हजार चार सौ बत्तीस रोगी स्वस्थ हुए हैं राज्य में अब तक कूल छियासठ हजार आठ सौ चौंतीस लोगों को बीमारी से पूरी तरह ठीक हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड नाइन्टीन के चार हजार चार सौ छियासठ नए रोगियों की पृष्टि हुई जिसके बाद प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या चौवालीस हजार पांच सौ तिरसठ हो गयी है तिरसठ रोगियों की मृत्यू के साथ बीमारी से अब तक जान गंवाने वालों की संख्या एक हजार नौ सौ इक्यासी हो गयी है रेल मंत्री पीयूष गोयल और केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल देश की पहली किसान विशेष पार्सल रेलगाड़ी या किसान रेल का वीडियो लिंक के जरिए शुभारंभ किया यह रेलगाड़ी महाराष्ट्र के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी श्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर कहा कि किसान रेल किसानों को आत्मनिर्मर बनाएगी और इससे किसानों का सामान आसानी से देश के कोने कोने तक पहुंचेगा इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि यह रेलगाड़ी किसानों को समृद्व बनाएगी उन्होंने बताया कि कृषि उत्पादन की दुलाई के लिए बजट में किसान रेल की घोषणा की गई थी

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में नये जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया था यह मंत्रालय विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर जल जीवन अभियान के लक्ष्य को हासिल करने में लगा है हमारे संवाददाता ने बताया है कि जल जीवन अभियान के अंतर्गत पानी की कमी वाले दो सौ छप्पन जिलों के डेढ़ हजार से अधिक प्रखण्डों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और जल शक्ति राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने कल गोरखप्र में बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यो की समीक्षा की उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को तटबंधों की निरन्तर निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कैबिनेट मंत्री श्री राजभर ने कहा कि ग्राम स्तरीय समितियों से लगातार समन्वय बनाकर बाढ़ के सम्बंध में जानकारी ली जाए और तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाए उन्होंने स्वास्थ्य विमाग के अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वेक्टरजनित बीमारियों की रोकथाम और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए समुचित प्रबन्ध किए जाने के निर्देश दिए उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों में पशुओं के टीकाकरण चारा भूसा आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए जनपद गोरखपुर में कुल एक सौ बारह गांव बाढ़ से प्रभावित हैं